उन्होंने टीका तैयार होने के बाद उसे लोगों को शीघ्र स्लभ कराने पर दिया जोर

राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने कल लखनऊ में सेफ सिटी परियोजना के तहत सौ पिंक पेट्रोल स्कूटी और दस चार पहिया महिला पुलिस वाहनों को झण्डी दिखाकर किया रवाना प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के दो हजार आठ सौ अस्सी नये मामले

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड महामारी और इसके उपचार से सम्बंधित टीके की आपूर्ति वितरण और अन्य तैयारियों की समीक्षा की श्री मोदी ने कहा कि देश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है भारत में विशेष रूप से तीन टीकों के परीक्षण का काम प्रगति पर है इनमें से दो टीकों का परीक्षण द्सरे तथा एक का तीसरे चरण में है भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता अफगानिस्तान भूटान बांग्लादेश मालदीव मॉरिशस नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में जारी अनुसंघान कार्य में सहयोग कर रहे हैं बांग्लादेश म्यामा कतर और भूटान ने भी अपने यहां नैदानिक परीक्षण किए जाने का अनुरोध किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रयास केवल अपने पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए बलकि हमारा प्रयास पूरे विश्व के लिए होना चाहिए वैक्सीन और औषधि का निर्माण तथा उनकी आपूर्ति पूरे विश्व में सुचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से की जानी चाहिए

प्रधानमंत्री ने देश की व्यापक भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हए पूरे देश में टीका उपलब्ध कराने के उपाय करने का भी निर्देश दिया समीक्षा बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नीति आयोग के सदस्य प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार वरिष्ठ वैज्ञानिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर जिले से मिशन शक्ति अभियान का श्मारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की हर बेटी हर महिला का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके स्वावलम्बन के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग नारी की गरिमा और स्वामिमान को दुष्प्रभावित करने की कोशिश करेंगे ऐसे अपराधियों से प्रदेश सरकार कठोरता के साथ निपटेगी प्रदेश भर में शारदीय नवरात्र से वासन्तिक नवरात्र तक चलने वाले इस अभियान का शुभारम्भ करते हुए श्री योगी ने कहा कि नारी शक्ति की प्रतीक है उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अमियान इसी दिशा में एक प्रयास है मुख्यमंत्री ने बलरामपुर जिले में पिछले दिनों एक बालिका के साथ हई द्राचार की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मिशन शक्ति उस बालिका को श्रद्वांजलि स्वरूप है मुख्यमंत्री ने कहा कि अमियान के पहले चरण में महिलाओं बेटियों और बच्चों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करते हए जन जागरूकता के कार्यक्रम चलाये जायेंगे दूसरे चरण में महिला अपराधों से जुड़े चिन्हित अपराधियों की कांउसिलिंग करायी जायेगी इसके बाद भी अगर सुधार नहीं हुआ तो ऐसे असामाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करते हुए उनकी तस्वीर चौराहों पर लगेंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला संबंधी अपराध के मामलों में कतई रियायत नहीं बरती जायेगी उन्हॉने कहा कि ऐसे प्रकरणों में जल्द से जल्द न्याय के लिए इनकी सुनवाई आवश्यकतानुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट में करायी जायेगी उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुविधा और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी थानों और तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जायेगी और यहां तैनात कर्मचारी भी महिला होगी मुख्यमंत्री ने बलरामपुर में कल पॉच सौ तिरपन करोड़ रूपये की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने कल लखनऊ में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत सेफ सिटी परियोजना का श्भारम्भ करते हए राजभवन से सौ पिंक पेट्रोल स्कूटी और दस चार पहिया महिला पुलिस वाहनों का झण्डी दिखाकर रवाना किया महिलाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए महिला पुलिस कर्मियों का यह दस्ता पूरे शहर में भ्रमण करेगा इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं का सशक्त बनना होगा और जब तक वह सामाजिक और आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहेंगी तब तक उनका उत्पीड़न होता रहेगा

शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कत शुरू हुआ यह अभियान अगले वर्ष बस्तिक नवरात्रि तक जारी रहेगा मिशन राक्रि के अंतर्गत महितायों और बालिकायों को सुख्बा सम्मान और आत्म निर्षर बनाने के लिए विभिन्न योजनाखों के अंतर्गत जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा सरकार ने अमियान को बेहतर ढंग से लागू करने और इसका अनुश्रवण करने के लिए सभी जनपदों में महिला नोडल अधिकारियों की तैनाती की है मफ जनपद की एक नोडल अधिकारी गरिया यादव ने पूरे आत्यविस्वास के साथ बताया कि इस अमियान से निश्चित ही महितायों के अंदर सुरक्षा और सम्मान की भावना पैदा होगी इस बात के प्रयास किए जाएंगे कि महिलाएं घरों के बाहर निकलने में किसी तरह के भय का अनुमव न करें अमियान के दौरान महिला सराक्तिकरण जागरुकता को लेकर विक्ष प्रतियोगात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रे प्रदेश में कल से मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत जागरूकता कार्यक्रम की शुरूआत हो गयी है सिद्वार्थनगर जिले में मिशन शक्ति अभियान की शुरूआत प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल की उपस्थित में की गयी इस अवसर पर महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी विभिन्न महिलायें शिक्षिकाये और आशा कार्यकत्रियों को मिशन शक्ति योजना के बारे में जानकारी देते हुए इसके प्रसारित प्रचारित करने पर बल दिया गया उधर बलिया जिले में मिशन शक्ति अभियान का शुभारम्भ बहउददेशीय सभागार परिसर में किया गया जिसमें महिला कल्याण विभाग ऑगनबाडी विभाग की महिला कर्मी बेसिक शिक्षिकायें आदि शामिल रहीं हमीरपुर जिले में अभियान की शुरूआत करते हए हाईस्कूल और इण्टरमीडियट बोर्ड की दस टापर बालिकाओं को पॉच पॉच हजार के चेक प्रतीक चिन्ह और प्रशर्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया गोरखपुर वाराणसी जिलों में भी मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत जागरूकता कार्यक्रम की शुरूआत की गयी प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के दो हजार आठ सौ अस्सी नये मामले सामने आये हैं राज्य के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य में अब तक चार लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो गये हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर नब्बे दशमलव नौ तीन प्रतिशत हो गया है प्रदेश में इस समय चौतीस हजार चार सौ बीस कोरोना के सक्रिय मामले हैं देश में डेढ महीने के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या में बडी कमी दर्ज की गई है और यह घटकर अब आठ लाख से कम रह गई है

शक्ति रूपा देवी दर्गा की अराधाना का पर्व शारदीय नवरात्र कल से श्रू हो गया है भक्तजन आज माता के द्वितीय ब्रहचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं कोरोना संक्रमण से बचने की सभी साक्षानियों के साथ मन्दिरों में श्रद्वालुओं के प्रवेश को लेकर विशेष इन्तजाम किये गये हैं उधर फिल्मी सितारों द्वारा अभिनीत रामलीला कल शाम अयोध्या में लक्ष्मण किला में शुरू हई इस रामलीला का सीधा प्रसारण द्रदर्शन से किया जा रहा है

रामलीला का प्रथम दृश्य भगवान गणेश की वंदना के साथ शुरू हुआ

कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के चलते रामलीला के दौरान दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और युट्युब पर इसका सजीव प्रसारण दुनिया भर में देखा जा सकेगा